प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ करेंगे विचार साझा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार प्रतिदिन किये जाने के दिये निर्देश केंद्र सरकार ने अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में क्छ और छूट को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि किसानों उत्पादकों और उद्यमियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य हासिल करने में भी कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है कल रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं है जब हम कूवि में आत्मनिर्मरता की बात करते हैं तो यह सिर्फ खाद्यान तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है यह देश के अलग अलग हिस्सों में खंती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू ऐडिशन कर के देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है श्री मोदी ने कहा कि अन्य उद्योगों की तरह ही अब किसान भी देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं जहां उन्हें बेहतर कीमत मिले कृषि को आधुनिक तकनीक से जोडने के बारे में किए जा रहे उपायों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की कठिनाईयों को कम करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोडों गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया बुंदेलखंड में इस दौरान लगभग दस लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए प्रधानमंत्री ने कहा कि किए गए वादे के अनुसार हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए दस हजार करोड से अधिक रुपये की जल संबंधी पांच सौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में भूजल स्तर बढाने के लिए अटल भूजल योजना का कार्य प्रगति पर है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेतवा केन और यमुना नदियों के आसपास का क्षेत्र होने के बावजूद बुंदेलखंड को इन नदियों के जल का पूरा लाभ नहीं मिला सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि बुंदलेखंड एक्सप्रेस वे और रक्षा गलियारे सहित हजारों करोड रुपये की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को हजारों नए रोजगार मिलेंगे उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के मंत्र से बुंदेलखंड में चहुमुखी विकास होगा प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत भी की इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ देश के पचहत्तर विभिन्न कृषि संस्थानों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे इस अवसर पर मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के दौरान देश में व्यापक बदलाव हो रहा है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी इस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं को प्रभावशाली ढ़ंग से लागू किए जाने के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआइआर और न्यूज ऑन एआइआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डी डी न्यूज पी एम ओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा

उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीइन के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपर्ण भमिका है मख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

शनिवार और रविवार को साताहिक बंदी के दौरान बाजारों को विसंक्रमित करने का कार्य किया जाता है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ गृह मंत्रालय ने कल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं पहली सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक चार में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है इक्कीस सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्य और अन्य समाओं की अनुमति दी जाएगी इक्कीस सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि तीस सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज रैक्षिक और कोघिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रॅस के जरिए वर्ष दो हजार बीस के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए उनके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गये राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद के जयती पर उन्हें श्रद्वाजलि भी अर्पित की देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान विनेश फोगाट पैरालपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेल टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है उधर सहारनपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय में स्वर्गीय मेजर ध्यानचन्द की जयंती मनायी गयी इस अवसर पर पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चौधरी नीरपाल सिंह ने मेजर ध्यानचन्द्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है